राज्य पाल द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक दूरी के अनुपालन पर दिया जोर कहा कार्यालयों और काम के नाम पर लोग बेवजह घरों ना निकलें बाहर

इनमें अधिकतम तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम काज शुरू किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं इसमें मनरेगा और निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं कार्य के दौरान अधिकारी से लेकर मनरेगा कर्मचारी तक को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है लॉकडाउन खुलने तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा

राज्यपाल द्वौपदी मुर्मू ने राज्य की समस्त जनता से आहवान किया है कि वे लॉकडाउन की गंभीर परिस्थितियों से भिज्ञ होकर अनावष्यक घरों से न निकले उन्होंने कहा है कि आज से लोकहित में राज्य में भारत सरकार के मार्गदर्षन के अनुरूप सषर्त कार्यालय भी खोले गये हैं कार्यालय में सरकार के निर्देष के अनुरूप ही लोग आयें

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग साढ़े तीन दिन में दोगुनी हो रही थी लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और संख्या के दोगुनी होने में साढ़े सात दिन का समय लग रहा है

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक क्मार दूबे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना वायरस को लेकर देशभर में अचानक लॉकडाउन करने के फैसले के कारण विभिन्न हिस्सों में पढ़ने और परीक्षा की तैयारी करने के गये बच्चों को वापस लाने के लिए ठोस पहल की जाएं वहीं भाजपा के मीडिया पैनल के सदस्य अजय राय ने झारखंड के षिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस माफ करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि षिक्षा मंत्री झारखंड सरकार की ओर से सभी स्कूलों को आदेष दें कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी छात्र से स्कूल फीस नहीं ली जाय सिमडेगा जिले में पाए गए पहले कोरोना संक्रमित युवक की दूसरी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है

सभी के सैम्पल एक बार फिर जाँच के लिए भेजे गए हैं लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालयों को खोलने की छूट दी गयी है कार्यालयों के खुलते ही रांची जिले के बुंड् अनुमंडल मुख्यालय से बाहर रहनेवाले लोग अपने अपने कार्यालय की ओर रवाना हुए बुंडू पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह चेकनाका पॉइंट बनाया गया है कई चेकनाका पर पुलिस र्न सख्ती के साथ सभी बड़े छोटे वाहनों को रोक दिया गया और कई लोगों से पी आर बांड भरवाया गया आज कई लोगों को पी आर बांड पर छोड़ा गया लेकिन दूसरी बार उनपर मामला दर्ज किया जाएगा लॉकडाउन के साथ कुछ क्षेत्रों में रियायतो के साथ दी जाने वाली छूट को लेकर आज कोडरमा जिले के उच्च अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई

झारखंड सरकार की ओर से जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित दीदी किचन का खाना जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है पलामू जिले के सतबरवा में दीदी कीचन के केन्द्रों पर भोजन करने के लिए हर दिन दोनों टाइम बड़ी संख्या में लोग पहंचते हैं गरीबों के अलावा मजदूर दिहाड़ी पर काम करनेवालों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी

रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने हमारी संवाददाता को बताया कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिये अधिक लोगों की जांच संभव हो सकेगी झारखंड में मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए और ज्यादा जांच की जरुरत थी चौथे टेस्टिंग सेंटर के शुरू होने के साथ ही जांच की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है पाकुड़ जिले में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के दूसरे फेज में आज से कुछ छूट दिए जाने के बाद पुलिस प्रसासन ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है अभियान के दौरान दो पहिया वाहन में सिर्फ चालक एवम चार पहिया वाहनों में चालक और एक सवारी को आवागमन की इजाजत दी जा रही है अभियान में शामिल अधिकारी वाहन चालकों को गृह मंत्रालय की जारी गाइड लाईन की जानकारी भी दे रहे है

यह व्यक्ति भी गोमिया के साड़म का रहने वाला है बोकारो में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब दस हो गई है हमारी रांची संवाददाता को स्वास्थ्य सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है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

मौसम विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि बीस अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी मध्य व दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा गरज के साथ वजपात और हल्की बारिश होने की संभावना है और अब संक्षिप्त खबरें आज धनबाद जिले के केंदुआडीह गोली कांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है